उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि सम्बन्धित तीन कर्मियों को तत्काल निलम्बित किया जाए तथा उनके विरूद्व वैधानिक कार्यवाही कर एफआईआर भी दर्ज करायी जाए मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण की जांच हेतु एस आईटी के गठन के निर्देश भी दिए हैं यह एसआईटी एडीजी लखनऊ जोन राजीव कृष्ण की अध्यक्षता में गठित की जाएगी मुख्यमंत्री ने एस आई टी को तत्काल जांच करने सभी पक्षों का बयान दर्ज करने तथा दस दिन में अपनी जांच को पूरा करने के निर्देश दिए हैं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रहित में तीन तलाक विधेयक को संसद से पारित कराने में राजनीतिक दलों का सहयोग मांगा है संसद से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रसाद ने इस बात को दोहराया कि यह विधेयक राजनीति से ऊपर है और इसका धर्म से लेना देना नहीं है तीन तलाक पर रोक लगाना राष्ट्रीय हित में है इसका राजनीति से राजनैतिक और वैचारिक मतभेदों से कोई लेना देना नहीं है इसका धर्म पूजा पाठ के तरीकों और किसी की आस्था से भी कोई लेना देना नहीं है इसका संबंध महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म करने उनकी गरिमा बनाये रखने और स्त्री पुरूष समानता बहाल करने से है इससे पहले संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि राजनीतिक दलों को विधेयक पर चर्चा में भाग लेना चाहिए और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत आज दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की रैंकिंग के अंतर्गत इस वर्ष जून से अक्टूबर तक छह प्रमुख विकास क्षेत्रों में जिलों की प्रगति के ब्यौरे दिए गए हैं तमिलनाडु के विरूधनगर जिले में सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रगति हुई इसके बाद ओडिशा में नुआपाड़ा जिले उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर बिहार में औरगांबाद और ओडिशा में कोरापुट का स्थान रहा इन जिलों ने सामाजिक प्रगति के बुनियादी मानको के तहत विकास के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य किया है दूसरी ओर नागालैंड के किफिरे जिले झारखंड के गिरीडीह झारखंड के ही छतरा असम के हेलाकांडी और झारखंड के पाकुर जिले में सबसे कम सुधार देखने को मिला है इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा कौशल विकास और बुनियादी ढांचा सहित विभिन्न पैमानों पर प्रदर्शन के आधार पर जिलों की पारदर्शी तरीके से रैंकिंग की गई है केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने खतरनाक आतंकी माड्यूल का पर्दाफाश करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की प्रशंसा की है कांग्रेस ने सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को किसी भी कम्प्यूटर की निगरानी करने की सरकार की अनुमति पर सवाल उठाये थे श्री जेटली ने पूछा कि इलैक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था की निगरानी किए बिना क्या आतंकी माड्यूल का पर्दाफाश संभव था गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आतंकवादियों की गिरफ्तारी को एनआईए की बहुत बड़ी सफलता बताया है सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने आज नई दिल्ली में अपने मंत्रालय के लिए प्रशासनिक हैंडब्रक जारी की हैंडब्रक में पूरे देश की विभिन्न मीडिया इकाइयों और मंत्रालय में काम कर रहे साढे सात सौ से ज्यादा अधिकारियों की विस्तृत जानकारी है अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि इस हैंडब्रक से न केवल अधिकारियों तक पहंचने में मदद मिलेगी बल्कि उनमें समन्वय स्थापित करने और कार्यस्थल पर सकरात्मक माहौल बनाने में भी सहायता मिलेगी उन्होंने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय के कार्यों की प्रशंसा की मंत्रालय में सचिव अमित खरे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिशेखर वेम्पटि और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्वालु ट्रेन बस तथा अन्य वाहनों से पहुंचते हैं लेकिन इस बार गंगा नदी मे मिनी जलपोत के सहारे प्रयागराज आसानी से पहुंचकर संगम में स्नान करने का सुनहरा अवसर श्रद्दालुओं को प्राप्त होगा ये मिनी जलपोत प्रयागराज से वाराणसी के बीच चलेंगी दो सौ यात्रियों को अप डाउन करने वाले स्टीमर का ठहराव विन्ध्याचल व चुनार में भी होगा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विन्ध्याचल स्थित दीवानघाट व चुनार में गंगा के किनारे यात्री प्लेटफार्म का निर्माण कराया जा रहा है यह कार्य दस जनवरी के पहले ही पूरा करा लिया जाएगा उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है कई स्थानों पर तापमान शून्य डिग्री के आस पास है प्रदेश में रैन बसेरों के औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं ताकि ठंड से लोगों को बचाया जा सके कल रात गोरखपुर में रेलवे स्टेशन और मेडिकल कॉलेज के रैन बसेरों के औचक निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां मौजूद लोगों से इन स्थानों पर मिल रही सुविधाओं की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस कड़ाके की सर्दी में सरकार उनका हरसंभव ख्याल रखेगी